और आकाश में आज भी छाये रहेंगे बादल

राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सभी केन्द्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे पार्टी के राज्य प्रभारी भूपेन्द्र यादव की उपस्थिति में भाजपा प्रदेश चूनाव समिति ने उम्मीदवारों के चयन के लिये तीन सदस्यी समिति को अधिकृत किया है इसमें प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी और विधानसभा में पार्टी के नेता प्रेम कुमार शामिल हैं वहीं भाजपा ने पटना साहिब उजियारपुर मोतीहारी छपरा बक्सर भागलपुर बेगूसराय गया सासाराम किशनगंज मधुबनी मुजफ्फरपुर सीवान और कटिहार की सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया है पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य से भाजपा के आधा दर्जन सांसद केंद्रीय मंत्री हैं इनमें रविशंकर प्रसाद राज्यसभा सदस्य हैं लेकिन पार्टी इस बार उन्हें पटना साहिब से चुनाव में उतारने पर विचार कर रही है उच्चतम न्यायालय आज चारा घोटाले के तीन मामलों में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ झारखंड उच्च न्यायालय के दस जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी उच्च न्यायालय ने इन मामलों में लालू प्रसाद की जमानत नामंजूर कर दी थी लालू प्रसाद फिलहाल रांची के बिरसामुंडा केन्द्रीय कारागार में बंद हैं राज्य में पहले चरण में चार संसदीय सीटों पर ग्यारह अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास गया में आज चुनाव के तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे अपर मूख्य निर्वाचन अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि पहले चरण में गया नवादा जमुई और औरंगाबाद में चुनाव होगा जहां नामांकन की प्रक्रिया अठारह मार्च से शुरू होगी उन्होंने कहा कि बैठक में चार जिलों के डीएम एसपी के साथ पटना सेंट्रल जोन के आईजी तथा मगध और मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त भी उपस्थित रहेंगे इन चारों सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि पच्चीस मार्च है जबकि उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी छब्बीस मार्च को होगी और अठाईस मार्च तक नाम वापस लिये जा सकेंगे नामांकन पत्र दाखिल करने जाने के दौरान उम्मीदवार दस से अधिक वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे निर्वाचन आयोग के अनुसार साइकिल रिक्शा और मोटरसाइकिल को भी वाहनों की श्रेणी में ही रखा गया है जबकि निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष के पास नामांकन के समय सौ मीटर के अंदर तीन वाहन ही ले जाये जा सकेंगे अधिकारी ने बताया कि सरकारी जमीन पर चुनाव कार्यालय नहीं खोला जा सकेगा इसके साथ ही जुलूस का समय स्थान और उसके मार्ग के संबंध में संबंधित क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक होगा वहीं शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों के दो सौ मीटर से अधिक दूरी पर लाउड स्पीकर बजाने की भी अनुमति लेनी होगी पटना जिले में लोकसभा चुनाव को अपराधमुक्त बनाने के लिये दो सौ अपराधियों पर सीसीए लगाया गया है जबकि पांच हजार असामाजिक तत्वों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा एक सौ सात के अंतर्गत नोटिस भेजा गया है लोकसभा चुनाव के कारण नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस ने दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है बोर्ड ने कहा है कि चुनाव के दिन होने वाले परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ाया गया है बदली गयी परीक्षा की तिथि अभी तय नहीं हुयी है लेकिन जल्द ही उसे जारी कर दिया जायेगा वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अप्रैल में होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा का शेड्यूल बदल दिया है अब यह परीक्षा सात अप्रैल से शुरू होगी और आठ नौ दस और बारह अप्रैल को अलग अलग पालियों में होगी राजधानी साहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज भी बादल छाये रहेंगे कुछ स्थानों पर गरज के साथ ब्रंदाबांदी होने की भी संभावना है मौसम विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र से राज्य में आ रही चक्रवाती हवाओं के कारण ठंड बढ़ेगी मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुयी है राज्य के पश्चिमी इलाकों तक चक्रवाती हवा प्रवेश कर गयी है लेकिन पछुआ हवा के बहने से इसका प्रभाव थोड़ा कमजोर है राज्य के सीतामढ़ी जिले के निवासी एयर मार्शल अमित देव को अतिविशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एयर मार्शल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गौरतलब है कि वर्ष उन्नीस सौ इक्यासी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास आउट होने के बाद अमित देव ने उनतीस दिसंबर उन्नीस सौ बयासी को वायुसेना के फ्लाईंग शाखा की फाईटर स्ट्रीम में योगदान किया था पूर्व विधायक संजय कुमार का आज निधन हो गया उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत कई नेताओं ने अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है

वे पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास के पुत्र थे किशनगंज जिले में सीमा शुल्क विभाग की टीम ने कटिहार रेलवे स्टेशन से तीस लाख रुपये मूल्य की विदेशी सिगरेट बरामद की है बरामद सिगरेट चीन और कोरिया निर्मित है वहीं मुजफ्फरपुर जिले में राजस्व निदेशालय की क्षेत्रीय टीम ने मोतीपुर और बोचहां से लगभग पांच करोड़ रूपये की विदेशी सिगरेट जब्त किया है इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को पूछताछ के लिये हिरासत में लिया है पश्चिम चंपारण जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बकुलहर मठ के पास शादी समारोह में शामिल होने आये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है वहीं सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र में बारात लेकर जा रही एक कार और यात्री वाहन के बीच हुयी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि पांच लोग घायल हो गये राज्य में विभिन्न केंद्रों पर चल रहे हेमन ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में पटना ने कड़े मुकाबले में वैशाली को अठारह रनों से पराजित कर दिया वहीं अन्य मैचों में समस्तीपुर ने सहरसा को औरंगाबाद ने गया को पश्चिम चंपारण ने सीवान को पूर्वी चंपारण ने शिवहर को पूर्णिया ने अररिया को नवादा ने लखीसराय को और भागलपुर ने बांका को पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया उधर राज्य के तुषार सेतु और सिद्धार्थ भूषण की जोड़ी ने ऑल इंडिया रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता के मेन ड्रा के लिये क्वालिफाई कर लिया है सीतामढ़ी जिले की रून्नीसैदपुर पुलिस ने नाइजरिया के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया है एसपी अनिल कुमार ने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है और इंटेलिजेंस ब्यूरों से संपर्क किया गया है शेखपुरा जिले के जखराज मोड़ के पास अपराधियों ने रेलवे के एक संवेदक से चार लाख रूपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है अररिया जिले के बोची पंचायत में आग लगने से अस्सी घर जल गये आग मे जलने से छह मवेशियों की मौत गयी जबकि आग बुझाने का प्रयास कर रहे छह लोग घायल हो गये मुजफ्फरपुर जिले में सीबीआई ने जिला बाल कल्याण समिति की ओर से संचालित सिकंदरपुर बाल गृह का निरीक्षण किया और गृह के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की होली के दौरान नशाखुरानी गिरोह पर लगाम लगाने के लिये जीआरपी ने पुलिस की छह टीमों को तैनात किया है रेल एसपी सुजीत कुमार ने बताया कि यह टीम हावड़ा दीनदयाल उपाध्याय और आनंद विहार टर्मिनल स्टेशनों के मार्ग पर जांच करेगी इस टीम में एक एएसआई और चार जवान रखे गये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की बड़ी सुर्खी है बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री लड़ेंगे चुनाव दैनिक जागरण ने महागठबंधन में कुछ सीटों पर फंसा पेच कांग्रेस संतुष्ट नहीं को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने दोनों गठबंधनों में सीटों और उम्मीदवारों के चयन पर खबर बनाते हुये लिखा है दो तीन दिनों में सीटों का एलान दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है इक्कीस दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पचास प्रतिशत वोटों का वीवीपैट से मिलान करने की मांग अखबार आज ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर शीर्षक दिया है प्रत्याशियों के नाम पर गहन मंथन और अब अंत में मुख्य समाचार भाजपा ने कहा बिहार के सभी कंद्रीय मंत्री लड़ेंगे लोकसभा चुनाव

और आकाश में आज भी छाये रहेंगे बादल